प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रदेशभर में कई कार्यकम आयोजित

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पिति में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में भाग लेकर आज अपना जन्मदिवस मनाया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है और अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि बांध के पानी का किफायती इस्तेमाल करें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा बधाई इधर प्रदेश में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को फल व मिठाईयां भी बांटी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व में एक मज़बूत और सशक्त देश बनकर उभरा है वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री से अस्पताल के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मंडी जिले में नाचन क्षेत्र के चैल चौक में देवदार का पौधा रोपित किया उन्होंने नागरिक चिकित्सालय गोहर में रोगियों को फल भी वितरित किए इस असवर पर प्रदेश के कई स्थानों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में जाखू स्थित पौराणिक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्थल आस्था का केन्द्र होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है राज्यपाल ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भविष्य में और अधिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी

उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी पुरातन संस्कृति के प्रतीक हैं और इनसे समाज में एकजुटता व सौहार्द बना रहता है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्रशासित प्रदेश लेह लद्दाख में जल्द ही किकेट अकेडमी खोली जाएगी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों का चरित्र निर्माण में अहम योगदान रहता है उन्होंने कहा कि लेह किकेट अकादमी का हिमाचल के साथ भी टाईअप किया जाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित मिनी कॉनक्लेव की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को परियोजनाओं की स्वीकृति देने की प्रकिया को सरल बनाने के उद्देश्य से दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित बनाई जा रही है जयराम ठाकुर ने स्थानीय उद्यमियों से भी ग्लोबल इन्वेस्टर्ज़ मीट में भाग लेने का आग्रह किया निवेशकों ने कॉनक्लेव में मुख्य रूप से पर्यटन आवास शिक्षा खाद्य प्रसंस्करण स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में उत्साहवर्धक रूचि दिखाई इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए चिकित्सा शिविर जनजातीय विकास मंत्रालय और जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से लाहौल स्पिति ज़िले के क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में स्वयंसेवी संस्था अभयुदय द्वारा बहु चिकित्सीय शिविर लगाया गया है

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि जिले में पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर वर्ष इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी

ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लठियाणी में एंगलिंग हट का शिलान्यास करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि एंगलिग हट बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को रहने की सुविधा भी मिलेगी इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने हटली बैरी सड़क का शुभारंभ भी किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्राचीन परंपराएं हमारी समृद्ध संस्कृति की परिचायक हैं और इनका संवर्धन सभ्यता के कमिक विकास के लिए जुरूरी है सोलन जिले के अर्की उपमंडल में आज दो दिवसीय प्राचीन सायर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आढ़तियों और लदानियों द्वारा प्रदेश के किसानों बागवानों से की जा रही लूट पर चिंता जताई है उन्होंने सरकार पर किसानों बागवानों से हो रहे शोषण पर अंकृश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है